वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने किसानों की फसल का न्यूतनतम समर्थन मूल्य संशोधित कर दिया है छोटे और सीमांत किसानों को समर्थन देने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है उन्होंने कहा कि दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से छह हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे वहीं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रूप में एक नई योजना के अंतर्गत साठ वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तीन हजार रूपये मासिक की पेंशन दी जायेगी इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा आज के अंतरिम बजट में श्री गोयल ने कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाकर दौग्नी कर दी गई है ढाई लाख रूपये की जगह पांच लाख रूपये की आय पर अब कोई टेक्स नहीं लगेगा पिछले बजट में लाये गये स्टेंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी चालीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रूपये कर दी गई है बैंक और पोस्ट आफिस डिपाजिट पर अब चालीस हजार रूपये तक का ब्याज कर मुक्त रहेगा

बजट प्रतिक्रिया आज पेश अंतरिम बजट को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी बजट करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ जुमला ही साबित होगा श्री नाथ ने कहा कि केन्द्र सरकार को कार्यकाल के आखरी समय में किसान गरीब मजदूर और गौमाता की याद आई हमने आम लोगों से बजट को लेकर उनकी प्रतिकिया जानी

राष्ट्रगीत वन्दे मातरम के बाद राष्ट्र गान जन गण मन भी गाया गया सामूहिक गायन में जनता की भागीदारी बढ़ाने के उददेश्य से कार्यक्रम को नया स्वरूप दिया गया है खंडवा जबलपुर होशंगाबाद उमरिया टीकमगढ सहित पूरे प्रदेश में वन्दे मातरम का सामूहिक गान हुआ कांताराव भोपाल में आज से जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में आज और कल नरोन्हा प्रशासन अकादमी में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण का शुभारंभ भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव केएफ विलफ्रेड ने किया

ईंधन की कीमतों में कमी के कारण एक महीने में तीसरी बार रसोई गैस की कीमतें घटाई गई हैं

परीक्षा प्रदेश में आज से उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू हो रही है

रोजाना दो पालियों में ऑनलाईन परीक्षा ली जा रही है मौसम प्रदेश में पड़ रही सर्दी में उतार चढ़ाव का दौर जारी है पिछले दो दिनों से पड़ रही तेज सर्दी में कल से बदलाव महसुस किया गया दिन में तेज धूप खिलने और बादल छाये रहने से तापमान में मामूली बढ़ौतरी दर्ज की गई